कोरोना वायरस केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के साथ तैयारियों का जायजा लिया इस बीमारी से चीन में अब तक सौ से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है स्वास्थ्य विभाग ने देश के नागरिकों को अपरिहार्य कारणों के अलावा चीन यात्रा से बचने का परामर्श जारी किया है मंत्रालय ने आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के साथ बैठक की और इस दिशा में किए जा रहे उपायों की समीक्षा की इस बीच आयुष मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षणों के दौरान यूनानी दवाएं काफी लाभकारी होती हैं मंत्रालय ने लोगों को व्यक्तिगत सफाई रखने बार बार साबून से हाथ धोने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है साथ ही बिना धुले हाथों से आंख नाक और मुंह को छूने से बचने को भी कहा गया है वायरस के लक्षणों में खांसी आना नाक बहना बुखार गले में खराश और सांस की तकलीफ शामिल हैं इस बीच छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए जनहित में एडवायजरी जारी की है अंतागढ़ झीरम घाटी हाईकोर्ट बहुचर्चित अंतागढ़ टेप कांड मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके पुत्र अमित जोगी को अदालत से राहत मिली है इस मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है दूसरी तरफ झीरम घाटी हत्याकांड की जांच कर रहे आयोग के फैसले के खिलाफ छत्तीसगढ़ शासन की याचिका को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने भी खारिज कर दिया है अंतागढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान वहां से उम्मीदवार रहे मंत्राम पवार की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया था इसे लेकर रायपुर में अजीत जोगी और अमित जोगी के खिलाफ कांग्रेस नेता किरणमयी नायक ने एफआईआर दर्ज कराई थी इस मामले में कुल पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था जिसके बाद श्री जोगी ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की सिंगल बेंच में आज इस मामले की सुनवाई हुई वहीं झीरम घाटी हत्याकांड की जांच कर रहे आयोग के फैसले के खिलाफ छत्तीसगढ़ शासन की गवाहों का प्रतिपरीक्षण करने की मांग को लेकर पेश की गई याचिका को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने भी खारिज कर दी है डिवीजन बेंच ने सरकार का आवेदन ये कहते हुए खारिज कर दिया कि आयोग अपना फैसला लेने के लिए सक्षम है उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता जोगी कर्मचारी आत्महत्या मामला वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी और उनके पुत्र अमित जोगी के खिलाफ थाने में दर्ज आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में हाईकोर्ट ने केस डायरी तलब की है श्री जोगी ने उनके खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करने के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है इस मामले की अगली सुनवाई ग्यारह फरवरी को होगी गौरतलब है कि श्री जोगी के बिलासपुर स्थित मरवाही सदन में पिछले दिनों एक निजी कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली थी जिसके बाद कर्मचारी के परिजनों ने जोगी पिता पुत्र पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था परिजनों के आवेदन पर बिलासपुर पुलिस ने अजीत जोगी और अमित जोगी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया था

मुख्यमंत्री आज रायपुर में स्वामी विवेकानंद विद्यापीठ में आयोजित रामकृष्ण प्रार्थना मंदिर प्रतिष्ठापन समारोह को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने दो वर्ष का समय रायपुर में गुजारा था वे रायपुर के जिस भवन में ठहरे थे उसे राज्य शासन द्वारा अपने अधिकार में ले लिया गया है यहां पर स्वामी विवेकानंद की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्मारक बनाया जाएगा मंत्रिमंडल बैठक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कल रायपूर में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होगी मुख्यमंत्री निवास में सुबह होने वाली इस बैठक में कई बड़े एजेंडे शामिल होंगे बताया जा रहा है कि बजट सत्र के पहले हो रही इस बैठक में बजट प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी वहीं नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भी निर्णय लिए जा सकते हैं

महिला और बाल विकास विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर बच्चों को यथासंभव उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए कहा है इनमें छत्तीसगढ़ी गोंडी हल्बी भतरी सरगुजिया कोरवा पाण्डो कुड्रुख तथा कमारी जैसी स्थानीय भाषा और बोलियां शामिल हैं महापौर स्वच्छता हेल्प लाइन राजधानी रायपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने तथा समस्याओं को जल्द सुलझाने के लिए आम लोगों की मदद ली जाएगी

अब रायपुर निगम क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति इस मोबाइल नंबर पर फोन करके नाली सड़क सफाई सहित स्वच्छता संबंधी समस्याओं के बारे में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है साथ ही वे साफ सफाई को लेकर अपने सुझाव भी दे सकते हैं महापौर एजाज ढेबर स्वच्छता हेल्प लाइन नम्बर पर प्राप्त होने वाली शिकायतों और समस्याओं का नियमित रूप से मॉनीटरिंग करेंगे बेमेतरा हत्या बेमेतरा जिले में जमीन विवाद को लेकर दो परिवारों के बीच हुई हिंसा में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई वहीं परिवार का एक अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गयौ है पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने बताया कि नवागढ़ के रनबोड़ गांव में चचेरे भाईयों के बीच खेत की मेड़ को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है कल विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया इस हमले में पति पत्नी के साथ ही एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए हैं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए और तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया

इस हादसे में दो लोग घायल हो गए हैं वहीं एक बच्ची लापता है इस नाव में बारह लोग सवार थे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावटे ने बताया कि हवा का बहाव तेज होने के कारण रात को रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चलाया जा सका गौरतलब है कि नारायणपुर का एक परिवार कल गंगरेल बांध देखने आया था इसी दौरान जब वे नौका विहार के लिए निकले तो हवा की रफ्तार तेज होने के कारण उनकी नाव पलट गई नौ लोगों ने तैरकर किसी तरह अपनी जान बचाई इस हादसे में घायल हुए दो लोगों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है वहीं बस्तर जिले के भनपुरी थाना क्षेत्र के पुजारी पारा गांव में आज सुबह पैरावट में अचानक आग लग जाने से दो बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए इन बच्चों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई बसंत पंचमी ज्ञान कला और संगीत की देवी मां सरस्वती की आराधना का पर्व बसंत पंचमी आज पूरे प्रदेशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है शैक्षणिक संस्थानों के अलावा घरों में भी लोगों ने मां सरस्वती का पीले फूलों से श्रंगार कर उनकी विशेष पूजा अर्चना की इस दौरान स्कूलों और कॉलेजों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया कहीं कहीं बसंत पंचमी कल मनाई जाएगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को बसंत पंचमी की बधाई दी है मुख्यमंत्री ने मां सरस्वती से प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है शहीद दिवस महात्मा गांधी की पुण्यतिथि कल तीस जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाई जाएगी इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गांधी जी और देश के अमर शहीदों के बलिदान को नमन किया है श्री बघेल ने कहा कि महात्मा गांधी ने देश में शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए हमेशा प्रयास किया बापू की दिखाए राह पर चलकर हम देश में समरसता और सौहार्द बनाए रख सकते हैं राजिम पुन्नी मेला माघ पूर्णिमा के मौके पर राजिम में इस साल नौ फरवरी से पून्नी मेला शुरू होगा जो महाशिवरात्रि इक्कीस फरवरी तक चलेगा धार्मिक न्यास और धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज राजिम पहुंचकर मेला स्थल में तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए